राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई आठ हजार आठ सौ सतहत्तर तीन हजार आठ सौ पांच मरीज उपचार के बाद हुए स्वस्थ

और मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटे में रांची पलामू और चतरा समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है राज्य में आज से प्लाज्मा थेरेपी से भी कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के रिम्स के ब्लड बैंक में प्लाज्मा थेरेपी सेन्टर का उदघाटन किया इस अवसर पर श्री सोरेन ने कहा कि सक्षम लोग प्लाज्मा दान करें और संक्रमित लोग घबड़ाये नहीं सरकार इस संक्रमण से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है राज्य में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हजार आठ सौ सतहत्तर हो गई है इनमें चार हजार नौ सौ उनासी एक्टिव केस हैं राज्य में अब तक तिरानबे लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हई है

रांची जिला में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा एक हजार पांच सौ छियासठ है वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार चार सौ चौवालीस है राज्य के कई जिलों में कोरोना संकमण के नए मामले मिलने से वहां के प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है

इन सभी मरीजों को कोविड केअर सेंटर में भर्ती कराया गया है गोड्डा में कल और नए सात कोरोना पॉजिटिव मिले हैं सिविल सर्जन डॉ एस पी मिश्र ने बताया कि सदर अस्पताल में ट्रूनेट जांच में यह सातों कोरोना पॉजिटिव पाए गए

रांची जिला प्रशासन होम कोरेंटाईन का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगा ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए निगरानी दल का गठन किया गया है यह टीम नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार कर कोषांग को सौंपेगी इस टीम में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा थाना प्रभारी को भी शामिल किया गया है सभी थाना प्रभारी को भी होम कोरेंटाईन में रहने वालों पर नजर रखते हुए हर दिन रिर्पोट भेजने के लिए कहा गया है देश में लगातार दो दिनों तक एक ही दिन में पांच लाख से अधिक कोरोना परीक्षण करने का रिकॉर्ड बनाया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह रिकॉर्ड केन्द्र सरकार की कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए परीक्षण संक्रमण के मामलों पर नजर रखने और उपचार की नीति पर ध्यान केन्द्रित करने का परिणाम है गढ़वा जिले में कोरोना महामारी से बुजुर्गो को सुरक्षा प्रदान करने के लिये दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की गयी है इसके तहत जिला प्रशासन स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से बुजुर्गों की सुर्विधा और जरूरतों को पूरा कर रही है

कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव दो पांच प्रतिशत रह गई है

उन्होंने कहा कि पेंशन जारी होर्ने में हो रही देरी को टालने के लिए संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है और कर्मचारियों को अनंतिम पेंशन देने का फैसला किया गया है

उन्होंने यह आदेश अपने निर्वतमान ओएसडी के खिलाफ पद का दुरूप्योग कर पैसा कमाने और रूपये निवेश करने से संबधित शिकायत के बाद दिया है राज्य प्रसाशनिक सेवा के अधिकारी गोपालजी तिवारी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के ओएसडी का पद त्याग दिया था अभी वह पथ निर्माण विभाग में पदस्थापित हैं

सरकार ने पिछले महीने ही टिक टॉक और हैलो सहित कई एप्स प्रतिबंध लगाया था उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बच्चों को मीडिया में आ रही गलत सूचना और फर्जी समाचारो को पहचान सिखाने पर बले दिया है उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टाइम्स स्कॉलर्स इवेंट के दो सौ से अधिक प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को विश्लेषण करने की क्षमता और सच स्वीकारने तथा असत्य को अस्वीकार करने का साहस विकसित करना चाहिए

इस लड़की की पिटाई से संबधित वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने पुलिस महानिदेशक को दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था राजधानी रांची समेत राज्यभर में मॉनसून सक्रिय है पिछले कई दिनों से विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी वर्षा हो रही है मौसम विज्ञान विभाग ने अगर्ले चौबीस घंटे में रांची पलाम चतरा समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है

इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आज मनाया जा रहा है

साहिबगंज जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में चार मौतें हुई है बरहेट थाना क्षेत्र के बोडबांध स्थित एक तालाब में स्नान करने गए पिता पुत्र दोनों की तालाब में डूबने से मौत हो गई इस बीच साहिबगंज में ग्रिड में काम कर रहे एक मजदूर की भी मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई है साहिबगंज जिले में सड़क लूट की योजना बनाने वाले तीन अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है कोरोना संकमण के बढ़ते मामलों को लेकर अब बुण्ड् क्षेत्र के स्थानीय युवा समाजसेवी दूकानदार और बुद्धिजीवी सतर्क हो गये हैं

बगैर पुलिस प्रशासन की सख्ती के बुंडूवासियों ने स्वेच्छा से पूरे इलाके को बंद किया है